श्री नायडू यहां श्री वैष्णव विद्यापीठ विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे उपराष्ट्रपति के दौरे के संबंध में कल मुख्य सचिव एसआर मोहंती ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा तैयारियों की समीक्षा की छापामारी भिंड में खाद्य सुरक्षा दल की तीन अलग अलग टीमों ने शहर के विभिन्न स्थानों पर छापामार कार्यवाही की है मालनपुर औद्योगिक क्षेत्र में फूड प्राडक्ट इंड्रस्टी में एक्सपायरी डेट का सामान बरामद किया गया है आधिकारिक सूत्रों के अनुसार कल देर शाम गोहद एसडीएम की टीम ने मालनपुर में दो स्थानों पर जांच कार्यवाही की उन्होंने फैक्ट्ररी में रखे दूध और टैंकर से आये दूध के दो अलग अलग नमूने लिये इसके साथ ही भिंड में एक चिलिंग सेन्टर और कोल्ड स्टोरेज में जांच की गयी जांच के लिये एक अन्य टीम ने अटेर में दूध डेयरियों पर जाकर कार्यवाही की माडुं डोजियर प्रदेश के पर्यटन मंत्री सुरेन्द्र सिंह बघेल आज शाम मांड् में मांड् पर्यटन पर आधारित कॉफी टेबल बुक का लोकार्पण करेंगे और इसी मौके पर यूनेस्कों द्वारा जारी की जाने वाली विश्व धरोहर सूची में नामाकंन के लिये डोजियर का विमोचन समारोह होगा डोजियर में माण्डू की ऐतिहासिक धरोहर के अलावा यहां की समृद्ध आदिवासी संस्कृति कला कौशल त्यौहार उत्सव खानपान जलवायु वनस्पति बारिश और भाषा सभी को सकल रूप से संरक्षण करने की बात की गयी है

इस अवसर पर उनकी जन्म स्थली खण्डवा में संगीतप्रेमियों ने किशोर कुमार को श्रद्वासुमन अर्पित किये आज शाम किशोर सांस्कृतिक प्रेरणा मंच और नगर निगम के तत्वावधान में आईसेक्ट किशोर नाईट का आयोजन किया जा रहा है इसमें संस्कृति मंत्री विजयलक्ष्मी साधौ कृषि मंत्री सचिन यादव सांसद नंदकुमार सिंह चौहान सहित अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे

उधर इंदौर में भी किशोर कुमार का जन्म दिन गीत संगीत के साथ धूमधाम से मनाया जा रहा है

हमारी साप्ताहिक श्रृखंला अच्छी खबर में आप रूबरू होते हैं प्रदेश के किसी भी इलाके की उस खबर से जो सकारात्मक है अनुकरणीय है और समाज को दिशा देने में मददगार हो सकती है

पुलिस सूत्रों के अनुसार जिला मुख्यालय से करीब साठ किलोमीटर दूर खडीखंभ घाट पर सड़क हादसा हुआ

सभी श्रद्वालु धार जिले के कुक्षी क्षेत्र के थे और वे मध्यप्रदेश महाराष्ट्र सीमा पर स्थित तोरणमाल दर्शन के लिये जा रहे थे वहीं नीमच जिले में एक मार्बल से भरी ट्राली पलटने से एक की मौत हो गयी और चार घायल होगए नागपंचमी नागपंचमी का त्यौहार कल पूरे उत्साह के साथ प्रदेशभर में भी मनाया जाएगा प्राचीन और धार्मिक नगरी उज्जैन में भगवान नागचन्द्रेश्वर मंदिर के पट आज रात खोले जाएंगे

मंदिर के पट कल रात बारह बजे तक खुले रहेंगे माना जाता है कि पूरी दुनिया में नागचन्द्रेश्वर एक मात्र ऐसा मंदिर है जिसमें विष्णु भगवान की जगह भगवान श्री भोलेनाथ सर्पशैया पर विराजित है नागपंचमी के अवसर पर कल श्रद्दालु शिवमंदिरों में दर्शन करेंगे त्यौहार को लेकर विभिन्न शिवालयों को आकर्षक ढंग से सजाया जा रहा है

बारिश राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के अधिकांश इलाकों में बारिश का दौर जारी है मंडला जिले में हो रहे तेज बारिश से नदी नाले उफान पर है और यातायात प्रभावित होने के समाचार है उधर आगरमालवा जिले के ग्राम सुमराखेडी और ग्राम ढोटी में बीती रात नाले के तेज बहाव में बहे दो युवको का शव आज पुलिस ने बरामद कर लिया है

समिति ग्रामीण और नगरीय निकायों का निरीक्षण और समीक्षा करेगी